ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्वि उन्हॉने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री आज बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशानिर्देश बनाने चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश दो हजार बाईस तक कच्चे तेल के आयात में दस प्रतिशत तक कमी करने की है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी जल जीवन मिशन की ताकत है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान जल जीवन मिशन शुरू किया गया है अब ये आपका दायित्व है कि पानी की रिसाइक्लिंग और रीयूज के लिए प्रभावी और सस्ती टेक्नोलॉजी कैसे विकसित करे प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के लिए मददगार सावित हो रही हैं उन्होंने कहा कि किसानों को अनेक ई गवर्नेस सुविधाओं के जरिए मैसम की जानकारी मिल रही है उन्होंने कहा कि अब किसान मध्यस्थ के बिना सीधे मंडी में अपने उत्पाद बेच सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसे दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं की अगर सराहना की जा रही है तो उसका श्रेय प्रौद्योगिकी और सुशासन के प्रति हमारे समर्पण को जाता है प्रदेश सरकार ने पिछले महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बारे में रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के गृह विभाग ने पीएफआई के प्रदेश प्रमुख वसीम और सोलह अन्य कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी लखनऊ में हिंसा को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार किया उन्होंने कहा कि पुलिस के पास लखनऊ और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हाल ही में हई हिंसा में पीएफआई के शामिल होने के पर्याप्त सबृत हैं पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्लिस रिहाई मंच सहित अन्य ग्टों की भी भूमिका की जांच कर रही है जो हिंसा में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रविवार से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के अभियान में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गाजियाबाद से अभियान की शुरूआत करेंगे श्री राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में अभियान में शामिल होंगे श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होंगे

इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं श्री अनिल जैन ने लोगों से इस अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर भी समर्थन देने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि पार्टी नेता इस कानून के लिए जनसभाएं और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है श्री शुक्ला ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने का कानून हैं किसी की नागरिकता छीनने का नहीं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के लिए भाजपा द्वारा चलाये जा रहे जन जागरण अभियान के सिलसिले में श्री श्क्ला आज सुल्तानपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे उन्हॉने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है प्रदेश में मौसम ने अचानक फिर से करवट ली है गोरखपुर अयोध्या कुशीनगर सिद्वार्थनगर समेत पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में आज दिन भर बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मौसम विभाग ने कल भी हल्की बूंदाबांदी और प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश के बाद बढ़ी ठंड के मददेनजर समी नगर निकायों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को रैनवसेरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं उन्होंने गरीव और बेसहारा लोगों के लिए अलाव जलवाने और कम्बल बांटने के निर्देश भी दिए हैं